केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आवासीय परिसरों में छोटे कोविड सुविधा केन्द्र बनाने के लिए जारी किए दिशा निर्देश मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के उपनगर संजौली में आज निर्माणाधीन हैलीपोर्ट का निरीक्षण किया उन्होंने अधिकारियों को ये कार्य तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए

उन्होंने बताया कि हैलीपोर्ट के बन जाने के बाद उड़ान टू योजना के तहत जुब्बड़हट्टी के बजाय इस हैलीपोर्ट पर हैलीकॉप्टर लैंडिंग की सुविधा दी जाएगी मुख्यमंत्री ने बताया कि इस तरह के हैलीपोर्ट प्रत्येक ज़िला मुख्यालय में विकसित किए जाएंगे बाद में उन्होंने कालीबाड़ी के समीप बैंटनी कैसल का दौरा कर पुनर्सुधार कार्यों की समीक्षा की बागवानी प्रदेश में बागवानों की आर्थिकी में सुधार लाने के लिए राज्य सरकार ने एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित एचपी शिवा परियोजना तैयार की है योजना के तहत प्रदेश को फल राज्य बनाने पर सौ करोड़ रूपए की राशि खर्च की जाएगी

बागवानी मंत्री महेन्द्र सिंह ठाक़्र के अनुसार परियोजना का मुख्य उद्देश्य हिमाचल को फल राज्य के रूप में विकसित करना है

केन्द्रीय मंत्री केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत शीघ्र ही कोरोना महामारी से पूरी तरह निपटने में सफल होगा

एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि पिछले कई महीनों से इसके टीके के विकास पर काम चल रहा है और नतीजे सकारात्मक मिल रहे हैं बिक्रम ठाकुर उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कांगड़ा ज़िले में जसवां परागपुर क्षेत्र के स्वाणा में विकास कार्यों का निरीक्षण किया उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सड़कों का निर्माण व सुधारीकरण का कार्य तेज़ गति से किया जा रहा है बिक्रम ठाक्र ने कोटला में पौधरोपण भी किया गोबिंद ठाक्र वन मंत्री गोबिंद ठाकुर ने आज कुल्लू में ज़िला अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की उन्होंने अधिकारियों को विकास कार्यों में तेज़ी लाने के निर्देश दिए

विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने राज्य सरकार पर कोरोना महामारी से निपटने में विफल रहने का आरोप लगाया है शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से आने वाले किसी भी व्यक्ति की कोविड जांच नहीं हो रही है उन्होंने मौजूदा हालात में प्रदेश में पर्यटन गतिविधियां शुरू करने के निर्णय को भी गलत करार दिया है माकपा द्रसरी ओर माकपा ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर गम्भीर चिंता जताई है

पार्टी ने कहा है कि प्रदेश में प्रवेश के लिए सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उचित प्रक्रिया अपनाकर ही लोगों को प्रवेश दिया जाना चाहिए

कोरोना हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या डेढ़ हज़ार के पार हो गई है

सिरमौर ज़िले में सामने आए सभी मामले नाहन के गोविंदगढ़ मोहल्ले से हैं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

उन्होंने कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार भेजने को कहा है लोग अपने विचार एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर रिकॉर्ड करा सकते हैं या फिर नमो ऐप पर भेज सकते हैं रक्तदान स्वयं सेवी संस्था उमंग फाउंडेशन ने शिमला ज़िले के ठियोग क्षेत्र के धरेच गांव में आज रक्तदान शिविर लगाया

परीक्षा कोरोना महामारी के बीच प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने आज राज्य में डीएलएड जेबीटी प्रवेश परीक्षा का सफल आयोजन किया

मौसम प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात व्यापक वर्षा हुई है

शिमला समेत मंडी चम्बा ऊना बिलासपुर हमीरपुर सहित कई अन्य भागों में वर्षा हुई है